आगामी दीपावली तथा अन्य त्यौहारों के मद्देनजर मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को कानून व्यवस्था तथा सफाई के चाक चौबंद प्रबंध करने के निर्देश दिये हैं कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमत्री ने कहा कि सभी त्यौहार महत्वपूर्ण है और लोग उन्हें पूरी आस्था तथा हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं उन्होंने कहा कि ऐसे में चुस्त दुरूस्त शांति व्यवस्था उपलब्ध कराना आवश्यक है

उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में निर्बाधरूप से विद्युत आपूर्ति और जलापूर्ति भी सुनिश्चित कर ली जाये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर प्रांगण स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पाजंलि अर्पित की

विश्व की सबसे ऊँची इस मूर्ति की ऊँचाई एक सौ बयासी मीटर है भ्रमण के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी श्री योगी के साथ मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में एमएसएमई सपोट एण्ड आउटरीच कार्यक्रम में आये लोगों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की उन्तीस प्रतिशत भागीदारी है और इन उद्योगों को बढ़ावा देने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी उन्होंने कहा कि देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का ही परिणाम है कि विश्व की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में भारत ने तेईस अंक की छलांग लगाई है उन्होंने बैंकों से कहा कि वह जरूरतमंद उद्यमियों को कर्ज देने में कोताही न करे लखनऊ में एक अन्य कार्यक्रम में गुहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बच्चों को ज्ञान देने के साथ उन्हें अच्छे संस्कार देना भी बहुत जरूरी है उन्होंने कहा कि समाज के लिए वहीं ज्ञान उपयोगी होता है जो संस्कारों से युक्त होता है गृहमंत्री ने कहा कि आज भारत न केवल आर्थिक महाशक्ति बल्कि खेल महाशक्ति बनने की ओर भी अग्रसर है राज्य सरकार ने मोटे अनाज के तहत मक्का खरीदने का निर्णय लिया है और खरीफ विपणन वर्ष दो हजार अट़ठारह उन्नीस म एक लाख मीट्रिक टन मक्का खरीदने का लक्ष्य है मक्का खरीद के लिए सौ क्रय केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव किया गया है सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि मक्का खरीद के बाद तीन महीने के अन्दर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अन्त्योदय के पात्र परिवारों को यह वितरित की जायगी उन्होंने कहा कि मक्का आवंटन के सापेक्ष गेहूँ और चावल का आवंटन कम हो जायेगा प्रदेश में खांडसारी इकाइयों का अपने उत्पादित शीरे को प्रदेश से बाहर भेजने के लिए अनापत्ति प्रमाण लेना होगा यह कदम शीरे की तस्करी रोकने और उस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाया गया है इसके अन्तर्गत शीरा नियंत्रक और आबकारी आयुक्त द्वारा ऑन लाइन पोर्टल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बारह हजार चार सौ साठ सहायक अध्यापकों का चयन रद्द कर दिया है

न्यायालय ने उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया नये सिरे से शुरू करने और इसे तीन महीन में पूरा करने का निर्देश दिया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

श्री नाईक आज वाराणसी के सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि संस्कृत हमारे देश की प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा है इस भाषा में उपलब्ध पुस्तकों का देश क सामाजिक और नैतिक आधार को मजबूत करने में बड़ा योगदान है इस अवसर पर उन्होंने चौबीस हजार छह सौ से अधिक छात्रों को उपाधि और पदक वितरित किये भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की तारीख को बढ़ा कर तीस नवम्बर दो हजार अट्ठारह कर दिया है पहले यह तिथि इकतीस अक्टूबर तक थी

सरकारी विज्ञप्ति को अनुसार तीस नवम्बर तक मतदाता सूचियों में संशोधन के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा उपरोक्त अवधि में बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूचियों का सत्यापन करेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में यूवाओं को उद्योगों से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण देकर आजीविका के साधन ढूंढने में सहायता करना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से उत्तर प्रदेश में युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है हमारे लखनऊ संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में लगभग पांच लाख युवा इस योजना के तहत प्रशिक्षण हासिल कर चुके हैं और लगभग इतनी ही संख्या में युवाओं ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपना नाम दर्ज कराया है हापुड़ के रहने वाले अरमान खान ने आकाशवाणी को बताया कि इस योजना से उन्हें काफी फायदा हुआ मुझे अपने दोस्तों से कौशल विकास मिशन के बारे में पता चला फिर मैंने जाकर सेन्टर पर पता किया तो वहां पर मुझे सेन्टर मैनेजर से पता चला कि जो इसमें योजना है वह बिल्कुल निशुल्क है

एडमिशन कराने के बाद में मैंने ट्रेनिंग ली और बाद में मं अच्छी जॉब कर रहा हूँ जॉब मिल गई है तो परिवार वाले भी खुश है प्रशिक्षण के साथ ही मंत्रालय द्वारा समय समय पर आयोजित किये जाने वाले कौशल और रोजगार मेले प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने और उद्योगों को प्रशिक्षित युवा कर्मचारी दिलाने मे अहम भूमिका निभा रहे हैं सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

उन्होंने कहा कि भाजपा का एजेंडा विकास है और विकास रहेगा श्री शर्मा आज आगरा में पाटी संगठन की बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार ने अपराधों पर नियंत्रण किया है और किसानों की आय दोगुना करने में भी सफलता पाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से बड़ी संख्या में निवेशक आ रहे हैं अपराध नियंत्रण के साथ शैक्षिक माहौल भी सुधरा है शामली में स्थित तीन चोनी मिलों में से कल एक मिल बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल ने गन्ना पेराई का काम शुरू कर दिया शुगर मिल शुरू होने से क्षेत्र के किसानों में उत्साह और खुशी का माहौल है पिछले वर्ष इस मिल ने एक सौ चौवालीस लाख पैंसठ हजार कुंटल गन्ना पेराई की थी

सरकार ने राज्य की सभी मिलों को नवम्बर के प्रथम सप्ताह में चालू करने का निर्देश दिया है केन्द्रीय पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण ईपीसीए के पर्यावरण प्रदूषण कम करने के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश सरकार ने प्रदूषित क्षेत्रों में बसों और मेट्रों की सेवाओं के फेरे बढ़ाने तथा मशीनों से सड़कों की सफाई और जल छिड़कांव करने के निर्देश दिये है